भारतीय डाक विभाग ने तालाबंदी के दौरान कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने हेतु घर बैठे खाते से पैसे की निकासी के लिए हरियाणा पोस्ट मोबाईल एप शुरू की

अधिकतर राज्यों उने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दो और हफ्तों के लिए तालाबंदी बढाने का अनुरोध किया है सरकारी सुत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार श्री मोदी की अध्यक्षता में हई वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिमी बंगाल सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई अपील पर विचार कर रही है वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री मोदी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जान है तो जहान है उन्होंने कहा कि जब तक देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार व प्रशासन की हिदायतों का पालन करेगा कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी श्री मोदी ने तालाबंदी बारे बात करते हुए कहा कि उन्होंने प्रत्येक नागरिक की जिंदगी बचाने तालाबंदी और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग इसको समझते हैं और घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं

मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को कानून व्यवस्था शांति और जन सौहार्द बनाए रखने के लिए हर तरह के आवश्यक कदम उठाने के लिए सुचित किया गया है और राज्यों को कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी तरह के आपत्तिजनक और झुठे समाचारों पर भी नजर रखी जाए गृह मंत्रालय ने राज्यों से इस संबंधित हिदायतों को अधिकारियों सामाजिक और धार्मिक संगठनों व आम नागरिकों के ध्यान में लाने के लिए इन्हें प्रचारित करने के लिए भी कहा है गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया किया है कि तालाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के अनुसार पुलिस की ओर से कार्रवाई होनी चाहिए

श्री अग्रवाल ने कहा कि पॉजिटिव मामलों की बढ रही गिनती के अध्ययन से पता चला है कि तालाबंदी बेहद महत्वपूर्ण है अगर ऐसे कदम न उठाए जाते तो अब तक पॉजिटिव मामलों की गिनती दो लाख के करीब होती वार्ता में गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को पत्र लिखकर डॉक्टरों और चिकित्सा संबंधी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने और अस्पतालों में उनके लिए खुद को क्वारंटीन करने की सुविधा देने को कहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसने बच्चे के लिंग निर्धारण और जन्म से पहले उसके लिंग की जांच संबंधी कानून पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट स्थगित नहीं किया

इस अधिसूचना से इस अधिनियम को सख्ती से लागू करने में कोई ढील नहीं दी गई है भारतीय डाक विभाग ने तालाबंदी के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए घर पर ही पैसा उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा पोस्ट नाम से एक मोबाइल एप शुरू की है हरियाणा परिमण्डल की चीफ पोस्ट मास्टर रंजू प्रसाद ने आज अम्बाला में इस एप का श्रीारंभ किया

एप के माध्यम से जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की किस्तें भी बैंक में जमा करवाई जा सकेंगी

आज फरीदाबाद हिसार और पलवल में एक एक नया पॉजिटिव मामला सामने आया है नूंह से हमारे संवादाता ने बताया कि सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा के आईसोलेशन वार्ड में भरती एक तबलींगी जमाती की आज मृत्यु हो गई

मृत्यु किस बीमारी से हुई है यह जानकारी अभी नहीं मिली है उधर यमुनानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दो जमाती कोरोना पॉजीटिव मिले हैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ग्रनाम सिंह चढ़नी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से गेहूं रखने के लिए बारदाना उपलब्ध करवाने की मांग की है मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि क्योंकि इस बार गेहूं की खरीद का सीजन लंबे समय तक चलेगा और किसान मण्डी में उसकी बारी आने पर ही अपनी फसल बेच सकेगा इसलिसए किसानों को अपनी गेहूं और सरसों की फसल को कई दिनों तक अपने घर में ही रखना पड़ेगा उन्होंने कहा कि अगर सरकार आढतियों के माध्यम से किसानों को बारदाना उपलब्ध करवाती है तो किसानों को अपनी फसल का भण्डारण करके घर में रखने में आसानी होगी और किसान उसी बारदाने को लेकर मण्डी या खरीद केन्द्र में जायेगा श्री चढ़नी ने कहा है कि अगर मण्डी में फसल की दोबारा सफाई की जरूरत पड़ी तो किसान इंकार नहीं करेगा और वही बारदाना काम में आ जायेगा और उससे किसानों की परेशानी भी कम होगी हरियाणा में आयुष विभाग ने कोरोना संकमण को रोकने को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू की है

डॉ साकेत कुमार ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रालय ने जिन दवाओं की एडवाइजरी जारी की है उनकी खरीद करके उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है